मतदाता सूची का आज होगा प्रकाशन

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित दुर्गम इलाकों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने का अधिकारियों को निर्देश दिया है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के हवाई सर्वेक्षण के बाद श्री कुमार ने अधिकारियों से राहत कार्य में तेजी लाने को कहा श्री कुमार ने कहा कि पहले चरण में तीन लाख से ज्यादा परिवारों को छह छह हजार रूपए दिए जा रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि बाकी बचे परिवारों को भी वित्तीय सहायता दी जाएगी राज्य में बारह से अधिक जिलों के छियासठ लाख छिहत्तर हजार से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं विभिन्न स्थानों पर बनाए गए एक सौ इकतीस राहत शिविरों में एक लाख से ज्यादा लोगों को शरण दी गई है इधर बाढ़ प्रभावित दरभंगा जिले के शहबाजपुर पंचायत में सामुदायिक रसोईघर का नियमित संचालन नहीं करने के आरोप में दो प्रधानाध्यापक को निलंबित करने के साथ ही एक साधानसेवी को बर्खास्त कर दिया गया है नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में रूक रूक कर हो रही बारिश के कारण प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में एक बार फिर बाढ़ का संकट गहरा गया है उत्तर बिहार में नदियों के घटते जलस्तर में वृद्धि होने लगी है मुजफ्फरपुर दरभंगा मध्बनी और सीतामढ़ी में नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है मुजफ्फरपुर के निचले शहरी इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है शहर के सिकंदरपुर लकड़ीढ़ाही झीलनगर और छोटी भगवतीपुर सहित बीस से अधिक मुहल्लों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है दरभंगा के शहरी क्षेत्र में भी बाढ़ का दबाव बना हुआ है मब्बी और सुंदरपुर सहित आधा दर्जन मुहल्लों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर पूरी तरह जलमग्न हो गया है सीतामढ़ी के सोनबर्षा में झीम और लखनदेई नदी का जलस्तर बढ़ने से कई नये इलाकों में पानी फैलने लगा है समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक और बागमती नदी में उफान जारी है वहीं सीमांचल में नदियों के जलस्तर में कमी आने के बाद बाढ़ प्रभावित लोग अब राहत शिविरों से अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं मौसम विभाग ने कल और परसों प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है मध्रबनी पूर्णियां अररिया कटिहार किशनगंज और सीतामढ़ी में भारी बारिश की आशंका है वहीं सीवान गोपालगंज पूर्वी चम्पारण पश्चिमी चम्पारण मुजफ्फरपुर दरभंगा सुपौल और मधेपुरा में अच्छी बारिश की सम्भावना बनी हुई है विभाग के अलर्ट को देखते हये राज्य सरकार ने संबंधित विभागों को विशेष सावधानी बरतने का निर्देश दिया है खास कर जल संसाधन विभाग को तटबंधों की निगरानी बढ़ाने के आदेश दिये गये हैं इधर प्रदेश के कई हिस्सों भीषण गर्मी पड़ रही है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के अनुसार औसत तापमान सामान्य से पांच से छह डिग्री सेल्सियस ऊपर चला गया है पटना का कल अधिकतम तापमान उनतालीस डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो जुलाई महीने में पिछले छह सालों के दौरान सबसे अधिक है प्रदेश में पैक्स चुनाव छह चरणों में होंगे राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने चुनाव की सम्भावित तारीखें तय कर बाढ़ प्रभावित जिलों से इस संबंध में राय मांगी है सम्भावित कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का चुनाव चौदह सितम्बर और छठे तथा अंतिम चरण का चुनाव छब्बीस सितम्बर को होगा बाईस अगस्त से पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की तिथि तय की गयी है मतदाता सूची के प्रारूप का आज प्रकाशन होगा जबकि तीन अगस्त को इसका अंतिम रूप से प्रकाशन किया जायेगा निर्वाचन प्राधिकार ने कहा है कि जिन जिलों में तय तारीखों पर चुनाव कराना सम्भव नहीं होगा उनके लिए अलग कार्यक्रम निकाला जायेगा प्रदेश के सभी आठ हजार चार सौ तिरसठ पैक्स में चुनाव होने हैं इस चुनाव में राज्यभर के एक करोड़ छत्तीस लाख वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर पैक्स के नये प्रबंध समिति का चूनाव करेंगे लोक जनशक्ति पार्टी के दिवंगत सासंद रामचंद्र पासवान का अंतिम संस्कार आज दोपहर बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ पटना में गंगातट पर किया जाएगा उनका पार्थिव शरीर आज पटना आएगा अंतिम यात्रा से पहले उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए लोजपा कार्यालय में रखा जाएगा रामचंद्र पासवान का कल नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया था पिछले बारह जुलाई को दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था भारत के चंद्र अभियान के अंतर्गत आज चंद्रयान टू के प्रक्षेपण की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं यह प्रक्षेपण जीएसएलवी मार्क थ्री प्रक्षेपण यान के जरिए किया जाएगा आंध्रप्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से यह प्रक्षेपण आज दोपहर बाद दो बजकर तैंतालीस मिनट पर किया जाएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि प्रक्षेपण के लिए बीस घंटे की उल्टी गिनती कल शाम शुरू हुई जो सुचारु रूप से चल रही है शुरू में चंद्रयान टू का प्रक्षेपण पन्द्रह जुलाई को किया जाना था लेकिन निर्धारित प्रक्षेपण से आधा घंटे से भी कम समय पहले तकनीकी खराबी का पता चलने के कारण इसे रोक देना पड़ा था

इस अवसर पर मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही श्रद्वालुओं की भीड़ देखी जा रही है मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर सोनपुर के हरिहरनाथ सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ दरभंगा के कुशेश्वर स्थान रोहतास के गुप्ताधाम और मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान मंदिरों में इस अवसर पर विशेष प्रजा अर्चना और जलाभिषेक किया जा रहा है श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन की ओर से विशेष प्रबंध किये गए हैं बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के तहत संचालित दो हजार मदरसा विद्यालयों के बारह हजार से अधिक शिक्षक अब ईपीएफ के दायरे में आ जायेंगे केन्द्र सरकार ने इसके लिए ईपीएफ कोड जारी कर दिया है इसके आधार पर मदरसा शिक्षकों को ईपीएफ पेंशन मिल सकेगी मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुल कयूम अंसारी ने यह जानकारी दी प्रदेश में बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के चल रहे एक हजार दो सौ ईंट भट्ठों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है खनन और भू तत्व विभाग के उप निदेशक संजय कुमार ने बताया कि अन्य ईंट भट्ठों को पर्यावरणीय स्वीकृति लेने का निर्देश दिया गया है किशनगंज जिले के ठाकुरगंज में भारत नेपाल सीमा के पास से एसएसबी के जवानों ने चीन के एक सदिग्ध युवक को हिरासत में लिया है उसके पास से ग्यारह हजार अमरिकी डॉलर तथा चायनीज और भारतीय मुद्रा के साथ साथ भारतीय आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड भी बरामद किये गये हैं सुपौल जिले में किशनपुर थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव में एक महिला डाकिया की गोली मारकर हत्या करने के बाद भागने की कोशिश कर रहे युवक की ग्रामीणों ने पीट पीटकर हत्या कर दी सारण जिले में मढ़ौरा थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव में देर शाम वज्रपात की घटना में एक बच्ची की मौत हो गई पूर्वी चंपारण जिले में पचपकड़ी थाना क्षेत्र के भंडार गांव में ग्यारह हजार वोल्ट के बिजली की तार के चपेट में आने से एक दम्पति की झुलसकर मौत हो गई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 हिन्दुस्तान लिखता है सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ राहत शिविरों का जायजा लिया राहत सामग्री हवाई मार्ग से भी पहुंचाने का दिया निर्देश दैनिक जागरण की सुर्खी है रामचंद्र पासवान का दिल्ली में निधन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने जताया शोक दैनिक भास्कर लिखता है कर्नाटक का नाटक आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की सम्भावना विश्वासमत लम्बा खींच सकती है सरकार प्रभात खबर की सुर्खी है वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा तीनों फॉर्मेट में कोहली होंगे कप्तान पंत विकेटकीपर आज की सुर्खी है बिहार के कई जेलों में एक साथ छापेमारी राष्ट्रीय सहारा लिखता है एयर इंडिया को सभी नियुक्तियां रोकने का निर्देश

मतदाता सूची का आज होगा प्रकाशन